आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरघा उत्पादों की खरीद के बारे में विचार करने को कहा जिससे अनेक बुनकरों को लाभ होगा

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता बढ़ाई है और इसके दुरूपयोग को रोकने में सराहनीय भूमिका अदा की है

इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अनेक महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं और आम लोगों से भी इस पर चर्चा की जाती है उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी में मन की बात कार्यक्रम को सुना

बैठक प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम और खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मण्डलों की बैठकें कांगड़ा जिले के परागपुर में आज उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र की अध्यक्षता में हईं बैठक में बांस शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए इसे कौशल विकास से जोड़ने का निर्णय लिया गया ताकि युवा इसे रोजगार के रूप में अपना सकें

राम स्वरूप कल्लू ज़िले की गड़सा घाटी में धारा बरसोगी और छन्नीआगे नजां सड़कों का भूमि पूजन कर इनके कार्यों का सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज शुभारम्भ किया

स्थानीय विधायक सुरेन्द्र शौरी भी इस दौरान मौजूद रहे अनुराग सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा उन्होंने बिलासपुर ज़िले के नम्होल में आज योजना को तहत विद्युत लाइनों के कार्य के शुभारम्भ अवसर पर ये जानकारी दी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी उन्होंने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्य अगले वर्ष अगस्त तक पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे पशुधन देश के सभी ज़िलों में कल पहली अक्तूबर से पशुधन की गणना की जाएगी गणना का ये अभियान सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा इस दौरान टैबलेट या कम्प्यूटर के जरिए डाटा संग्रह पर विशेष जोर रहेगा जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति करना है केन्द्र ने सभी राज्यों से ये कार्य शुरू करने का आग्रह किया है गोविंद ठाकुर खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने युवाओं से खेलकूद गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है पालमपुर में आज राष्ट्रीय सब जूनियर आटया पाटया खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि खेलों में नियमित रूप से शामिल होने से विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास संभव होता है गोविंद ठाक्र ने कहा कि आट्या पाट्या एक पौराणिक खेल है जिसे देश के कई राज्यों में खेला जा रहा है इस प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में कर्नाटक जबकि महिला वर्ग में पुडुचेरी की टीम पहले स्थान पर रही नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई ने जयराम नेगी को किन्नौर जिला कांग्रेस सेवादल का मुख्य संगठक नियुक्त किया है संगठन के प्रदेश प्रभारी राम विलास रावत और मुख्य संगठक अनुराग शर्मा की सहमति से की गई ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी